पूर्व लोकसभा सोमनाथ चैटर्जी को अजा सवेरे कोलकाता में निधन हो गया

राष्टपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री स्षमा स्वराज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने चैटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने टवीट संदेश में कहा है कि श्री चैटर्जी प्रखर राजनेता थे और उनके निधन से देश के अप्रणीय क्षति हुई है उप राष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायड् ने अपने संदेश में कहा कि श्री चैटर्जी अत्यंत सह्रदय थे और उन्होंने हमेशा लोगों की समस्यायें उठाई तथा अपने सिद्वातों पर अडिग रहे प्रधानमंत्री ने अपने संदश में कहा कि श्री चैटर्जी भारतीय राजनीतिक के शिखर प्रूष थे उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को समुद्ध और मजबूत बनाया भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी एस चौहान के साथ लोकसभा और विधानसभा के च्नाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय मंत्री म्ख्तार अब्बास नकवी भूपेन्द्र यादव विनय साहा सहस्त्रब्दवे और अनिल बाल्नी शामिल थे मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत मे भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पत्र आयोग को दिया है और भाजपा का मानना है कि एक साथ च्नाव होने से राष्ट्र को लाभ होगा बार बार च्नाव होने से वित्तीय और मानवीय स्त्रोतों पर ज्यादा भार पड़ता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल स्थित पंचायत भवन में आठ करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व अंगदान दिवस पर आज अपने शरीर के अंग दान करने का संकल्प पत्र भरा

करनाल में इनीब्हील कलब दवारा आयोजित स्कृती बच्चों की जागरूक्ता रैली को झंडी दिखाकर रवाना करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टि से अंगदान एक बड़े उपकार का काम है व्यक्ति स्वेच्छा से अपने शरीर का कोई भी अंग दान कर सकता है और अच्छे क्रियाशील अंगों का दान करके अंगदाता आठ से अधिक लोगों का जीवन बचा सकता है शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने आज महेन्द्रगढ़ सिविल अस्पताल में डिजीटल एक्स े मशीन व पानी के बोर का उदघाटन किया

शिक्षामंत्री ने कहा कि महेन्द्रगढ़ में वेंटिलेटर की स्विधा नहीं है

ये तीन से सात साल की सज़ा काटने के बाद रिहा हये है सांसद रतन लाल कटारिया ने आज अम्बाला जिले के तेपला गांव में जाकर शहीद विक्रमजीत सिंह के परिजनों के साथ संवदेना व्यक्त की और शहीद के श्रद्वा सुमन अर्पित किये

हरियाणा और यमुनानगर के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्रों में कल रात से हई तेज़ बरसात से सोम पथराला व यम्ना नदी का जल स्तर बढ़ गया है हथिनीक्ंड बैराज पर पानी एक लाख चौवालिस हजार क्यूसेक तक पहुंच गया पर वर्षा रूकने से जल स्तर एक लाख क्यूसेक रह गया है

उधर अम्बाला से आई जानकारी के म्ताबिक शिवालिक क्षेत्र में हई वर्षा से टांगरी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन को सर्तक रहने को कहा है

लेकिन मंत्री के आदेश के बाद टांगरी नदी पर बंदे लगाकर जल भराव की समस्या को नियंत्रित कर लिया गया

पंचकूला के कल देर रात से हई लगातार बारिश ने कई हिस्सों को प्रभावित किया है पंचकूला क चौकी गांव में बना प्ला धंस गया तो दूसरी तर फ से टांगरी नदी का पानी झ्ग्गी झौपड़ियों में घ्सने से लोगों को वहां से निकाला गया भारी बारिश के चलते एक स्क्ल बस भी बस गई पर उसमे सवार पांच बच्चों को स्रक्षित निकाल लिया गया अम्बाला जिले के खैरा नडियाली गांव के किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत म्आवजे की राशि मिलने पर म्ख्यमंत्री का आभार जताया है किसानों ने हमारे संवाददाता को बताया कि पहली बार उनकी फसल के न्कसान की भरपाई स्निश्चित हई है और व्यवस्थित ढंग से म्आवजा दिलाया गया

केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीज़नल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ दवारा आज यम्नानगर जिले के छछरौली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का श्भारंभ किया गया